उन्हें समाज के सभी वर्गो का सम्मान मिला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोविड नाइंटीन की कारगर दवा या वैक्सीन आने तक ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है अब दो दिन के बजाय रविवार को होगी साप्ताहिक बंदी केन्द्र द्वारा घोषित अनलॉक चार के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश में कार्यवाही शुरू सात सितम्बर से चलेगी मेट्रो प्रदेश में अब तक एक लाख छिहत्तर हजार से अधिक कोरोना रोगी ठीक हुए सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या पचपन हजार पांच सौ अड़तीस है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार कल नई दिल्ली के लोदी रोड स्थित शवदाह गृह में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश में कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास में अमिट छाप छोडी है वे एक ऐसे विद्वान और अग्रणी राजनेता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों का सम्मान मिला वे एक उत्कृष्ट सांसद होने के साथ ही बेहद मुखर और हॅसमुख नेता थे श्री मोदी ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए पूरी तरह खोल दिया था एक भी मेरी मुलाकात पिछले तीन साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह और मैं बहुत अंतर्मन से कहता हूं कि वो एक पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था लंकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की विंता है और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व ये संबंध ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम है और वो काम प्रणब दा ने किया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने श्री मुखर्जी के निधन पर संवेदना व्क्कत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों का गरिमा के साथ निर्वहन किया वो एक शिक्षक थे और सही रूप में पार्लियामेंट में उनका भाषण हो या कोई व्यक्तिगत मुलाकात हो वो हमेशा एक अच्छें शिक्षक की भूमिका में पेश आए एक महान राष्ट्रनेता एक धुखंर रणनीतिकार एक सभी पार्लियामेंट में गरिया के साथ और राष्ट्रपति पद का निर्वहन भी बहुत गरिमा के साथ किया उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक कोविड नाइंटीन की कोई कारगर दवा या वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हैं उन्होंने टेस्टिंग कार्य में लगातार वृद्वि करने के निर्देश दिये उन्होंने जनपद लखनऊ और कानपुर नगर में कोरोना के मद्देनजर माइक्रो एनालिसिस करते हुए कार्य योजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब प्रदेश में साप्ताहिक बंदी दो दिन की बजाय रविवार को रहेगी बाजार सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक खोले जायेंगे उन्होंने कोविड नाइंटीन संक्रमण का पता लगाने निगरानी और घर घर सर्वेक्षण के कार्य को तेजी से संचालित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सुबह कोविड चिकित्सालय और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल केन्द्र में नियमित रूप से बैठ कर कोरोना कार्यो की समीक्षा करें देश में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन परीक्षा कोविड नाइंटीन के दिशा निर्देशों के बीच कल से शुरू हो गई देश भर के छह सौ साठ केन्द्रों में कल से छह सितंबर तक आयोजित की जाने वाली इस प्रवेश परीक्षा के लिए नौ लाख अट्ठावन हजार परीक्षार्थियों ने अपने नाम दर्ज कराये हैं आईआईटी के कुछ पूर्व विद्यार्थियों के एक समूह ने जरूरतमंद विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्रों तक आने जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल बनाया है शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने का आग्रह किया है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने कहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और कर्मचारियों का कोविड महामारी से बचाव और परीक्षा के सुचारु आयोजन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर ली गयी है केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अनलॉक चार के दिशा निर्देश कल से प्रदेश में भी लागू हो गये

गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक चार के हिस्से के रूप में कोरोना निषिद्व क्षेत्रों से बाहर और अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दी थी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इस महीने की सात तारीख से मेट्रो रेल सेवाएं फिर से शुरू होंगी स्कूल और कॉलेज तीस सितम्बर तक बंद रहेंगे राज्य में कोविड नाइंटीन के प्रोटोकॉल के अन्तर्गत मेट्रो ट्रेन के संचालन के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है केन्द्र ने इस महीने की इक्कीस तारीख से सौ लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक राजनीतिक सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी सरकार की विशेष अनुमति को छोडकर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा संसद का मॉनसून सत्र चौदह सितम्बर से शुरू हो रहा है और यह एक अक्टूबर तक जारी रहेगा लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौदह सितम्बर को लोकसभा का सत्र ब्लाया है कोविड नाइन्टीन के दिशा निर्देशों के कारण दोनों सदनों में बैठने का तरीका बदलने का फैसला किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में बैठने की नई तरह से व्यवस्था और दोनों सदनों से जुड़े गलियारे पर सांसदों के बीच शारीरिक दूरी संबंधी नियमावली का पालन होगा देश में कोविड नाइंटीन से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है अब यह दर छिहत्तर दशमलव नौ चार प्रतिशत तक पहुंच गई है पिछले छत्तीस घंटों में पैंसठ हजार इक्यासी कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या अट्ठाइस लाख उन्तालीस हजार आठ सौ बयासी से अधिक हो गई है देश में इस समय केवल इक्कीस दशमलव दो नौ प्रतिशत लोगों का इलाज चल रहा है सरकार की रणनीति के तहत टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट के प्रभावी क्रियान्वयन से स्वस्थ होने की दर बढी है और मृत्युदर कम हुई है इस समय मृत्युदर एक दशमलव सात सात प्रतिशत है पिछले छत्तीस घंटों में उन्सठ हजार नौ सौ इक्कीस नए मामले सामने आए हैं जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या छत्तीस लाख इक्यानयबे हजार एक सौ छांछठ हो गई है इस समय देश में सात लाख पचासी हजार नौ सौ छियानबे लोगों का इलाज चल रहा है पिछले छत्तीस घंटों में आठ सौ उन्नीस लोगों की मौत हुई है इसके साथ ही कोविड नाइंटीन से मरने वालों की संख्या पैंसठ हजार दो सौ अट्ठासी हो गई है प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटों के दौरान पांच हजार पांच सौ इकहत्तर नये मामले मिलने के बाद अब राज्य में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या पचपन हजार पांच सौ अड़तीस हो गई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक राज्य में एक लाख छिहत्तर हजार छह सौ सतहत्तर रोगी कोरोना से ठीक हुए है वहीं पिछले छत्तीस घंटों के दौरान सत्तावन कोरोना मौतों के बाद कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या तीन हजार पांच सौ बयालिस हो गई पिछले छत्तीस घंटों में सबसे ज्यादा सात सौ साठ मामले लखनऊ में मिले वहीं कानप्र में तीन सौ सत्तर प्रयागराज में तीन सौ एक गोरखपुर में तीन सौ पंद्रह गाजियाबाद में एक सौ तेरह वाराणसी में एक सौ छियालिस अलीगढ़ में एक सौ छाछठ और अयोध्या में एक सौ चार कोरोना रोगी पाये गये स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस समय सबसे ज्यादा सात हजार तीन सौ चौंतीस कोरोना के सक्रिय मामले लखनऊ में है वहीं कानपुर में तीन हजार दो सौ छाछठ प्रयागराज में तीन हजार बीस गोरखपुर में दो हजार छह सौ छाछठ सक्रिय मामले हैं वहीं अब तक प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा चार सौ चालीस मौते कानपुर में हुई है लखनऊ में यह संख्या तीन सौ अड़सठ है और प्रयागराज में एक सौ चौंसठ वाराणसी में एक सौ उनहत्तर है प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा कड़े कदम उठाये जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन के अधीन सर्तकता इकाई के प्रवर्तन दलों की संख्या को तैंतीस से बढ़ाकर अट्ठासी कर दिया गया है इनमें से तिरपन प्रवर्तन दलों ने काम करना शुरू कर दिया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में हर जनपद में एक एक एंटी पॉवर थेफ्ट पुलिस थाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसमें से तिरसठ थानों ने काम करना शुरू कर दिया है पीलीमीत जनपद के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बाघ को पीट पीट कर मारने के मामले में इकत्तीस ग्रामीणों को नामजद किया गया था इनमें से अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है